कोविड टीकाकरण का राष्ट्रव्यापी पूर्वाभ्यास ड्राई रन आज होगा इस दौरान वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा सिर्फ तैयारियों की जांच की जाएगी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 केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इसकी तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख स्वास्थ सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना है तथा इससे जुडे लोगों को प्रशिक्षित करना है

अधिकारियों ने डॉक्टर हर्षवर्धन को बताया कि सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अस्पताल पूरी तरह से तैयार हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि टीकाकरण अभ्यास का उद्देश्य उन समस्याओं का पता लगाना है जिन्हें पहले चरण में ठीक किया जा सके उन्होंने राज्य के अधिकारियों द्वारा की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया राज्य में रांची सहित पांच जिलों में आज कोरोना वैक्सीन का रिहर्सल का ड्राई रन होगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि राज्य में रांची के साथ साथ चतरा पूर्वी सिंहभूम पलामू और और पाकुड़ में भी ड्राई रन किया जाएगा श्री कुलकर्णी ने बताया कि टीकाकरण का मॉकड्रिल भी होगा उन्होंने बताया कि कोरोना टीकाकरण के लिए ब्रथ बनाया गया है और टीकाकरण के लिए स्वास्थ्यकर्मियों को प्रशिक्षित भी किया गया है श्री कुलकर्णी ने बताया कि टीका लेने वाले लोगों को आधे घंटे तक निगरानी में रखा जाएगा उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग सात हजार वैक्सीनेटर्स कोरोना का टीका लगाएंगे रांची के नामकम में कोरोना टीका को रखने के लिए स्थल का चयन किया गया है राज्य में पिछले चौबीस घंटों में एक सौ पांच लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं कल बारह हजार सात सौ सड़सठ नमूनों की जांच की गई इनमें एक सौ अठाइस लोग पॉजिटिव पाए गए राज्य में अब तक कोरोना के अड़तालीस लाख तेरह हजार दो सौ नमूनों की जांच की गई है झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या एक हजार छह सौ बयासी है जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या एक हजार तीस है राज्य भर में इलाज के बाद एक लाख बारह हजार पांच सौ उनतीस लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं केंद्रीय औषधी मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ के विशेषज्ञों की कमेटी ने कल कोरोना वायरस के वैक्सीन कोविशील्ड के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है अब वैक्सीन को मंजूरी के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा ऑक्सफोर्ड की इस वैक्सीन का उत्पादन देश में सीरम इंस्टीट़यूट ऑफ इंडिया ने किया है राज्य सरकार द्वारा पांच से सात जनवरी तक विशेष कोरोना जांच अभियान शुरू किया जा रहा है इस दौरान रांची धनबाद जमशेदपुर देवघर बोकारो और हजारीबाग में अभियान चलाकर यह पता लगाया जाएगा कि क्रिसमस और नववर्ष के बाद कोरोना संक्रमण कितना फैला है इसकी जांच की जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबके लिए घर का वायदा करते हए कहा है कि गरीबों की मूसीबतें खत्म होने का समय आ गया है नववर्ष के पहले दिन कल वर्चुअल माध्यम से देश के छह राज्यों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती जीएचटीसी इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही

मुख्यमंत्री ने गरीबों और मजदूरों के आर्थिक हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री से इस योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया ताकि उनपर ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ सके

इस मौके पर उनकी पत्नी मीरा मुंडा के अलावा बीजेपी के कई नेता उपस्थित थे इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी खरसावां शहीद स्थल पहुंच कर शहीदों को नमन किया इस मौके पर मंत्री जोबा मांझी और चंपई सोरेन समेत कई विधायक तथा गणमान्य लोग मौजूद थे मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार सभी आंदोलनकारियों और उनके परिजनों को सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगी उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व वाली पिछली सरकार में ही शहीदों के आश्रित को खोज कर पहली बार नौकरी देने का काम किया गया उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से हर आंदोलनकारियों को सहयोग दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों को चिह्नित करने के लिए आयोग भी बना है लेकिन झारखंड में आंदोलनकारियों की लंबी फेहरिस्त है श्री सोरेन ने बताया कि हर आंदोलनकारी तक पहुंचना जरूरी है इसके लिए राज्य सरकार की ओर से कार्ययोजना तैयार कर ली गयी है रांची रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए आज से कई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रहा है रेल मंडल द्वारा दो से चार जनवरी तक दस रेल गाड़ियों का परिचालन शुरू किया जाएगा इसमें हटिया राउरकेला पैसेंजर हटिया टाटा पैसेंजर आद्रा बरकाकाना सहित कई रेल गाडियां शामिल हैं रांची से द्रमका जाने वाली विशेष रेल गाड़ी प्रतिदिन रात साढ़े नौ बजे दुमका के लिए प्रस्थान करेगी टाटा हटिया मैमू का परिचालन चार जनवरी से प्रतिदिन किया जाएगा आज से रांची लोहरदगा मैमू का परिचालन प्रतिदिन किया जाएगा नए वर्ष के जश्न में उत्साह के साथ तेज रफ्तार वाहन चलाने और यातायात नियमों के उल्लंघन के कारण कल सड़क दुर्घटना में घायल हुए इकहतर लोग इलाज कराने रिम्स पहुंचे कल सुबह छह बजे से रात ग्यारह बजे तक सड़क दुर्घटना में सात लोगों की मौत हो गई और चौसठ लोगों का इलाज रिम्स में कराया जा रहा है राज्य में मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी आज से परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं परीक्षार्थी बाइस जनवरी तक जैक की वेबसाइट के माध्यम से बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते है विलंब से शुल्क के साथ तेइस से तीस जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म जमा किये जाएंगे इंडियन ऑयल के रसोई गैस ग्राहक अब मिस्डकॉल देकर घरेलू रसोई गैस की बुकिंग कर सकेंगे इसके लिए निबंधित मोबाइल फोन से आठ चार पांच चार नौ पांच पांच पांच पांच पांच पर मिस्डकॉल करना होगा पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल इसकी शुरुआत की

यह सोमवार तथा अन्य राजकीय अवकाशों के अलावा प्रतिदिन खुलेगा आगंतुक अपने आगमन की ऑनलाइन बुकिंग इसके वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं

पहले उपलब्ध और तत्काल बुकिंग की सुविधा फिलहाल नहीं होगी कोविड को ध्यान में रखकर सुरक्षित दूरी बनाये रखने के लिए पहले से बुक करने के चार समय खंड तय किये गए हैं

संग्रहालय भ्रमण के दौरान कोविड दिशा निर्देशों जैसे मास्क पहनना सुरक्षित दूरी बनाये रखना और मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप होना जरूरी होगा राष्ट्रपति भवन संग्रहालय परिसर में कला संस्कृति विरासत और इतिहास के शानदार नमूनें प्रदर्शित किये गए हैं अब अखबारों की सुर्खियां आज लगभग सभी अखबारों ने कोविशील्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के मंजूरी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने खुशियों का टीका अगले हफ्ते से लगेगा शीर्षक से कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के इस्तेमाल की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है साथ ही लिखा है कोविशील्ड के पांच करोड़ डोज तैयार दो दिन में हवाई जहाज से देशभर में पहुंचेगे प्रभात खबर ने टीकाकरण से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है देश में पहली वैक्सीन को विशेषज्ञ समिति को मंजूरी अखबार ने पांच से सात जनवरी तक राज्य में चलाए जाने विशेष कोरोना जांच अभियान चलाए जाने की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक हिन्दुस्तान ने लाइट हाउस परियोजना के शिलान्यास को पहले पन्ने पर जगह दी है शीर्षक दिया है कम आय वालों को सस्ता घर दैनिक जागरण ने सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की मंजूरी की खबर को शीर्षक दिया देश को मिली कोविशील्ड अखबार ने दिसंबर में सर्वाधिक जीएसटी संग्रह की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है रांची एक्सप्रेस ने लाइट हाउस परियोजना के ऑनलाइन शिलान्यास की खबर को मुख्यमंत्री के हवाले से शीर्षक दिया है गरीबों मजदूरों को आवास देना सरकार की प्राथमिकता अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना टीका के ड्राई रन से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है हैप्पी वैक्सीन ईयर